आत्मनिर्भर भारत के लिए डिजिटल इण्डिया की भूमिका पर भी दिया जोर

एक जिला एक उत्पाद सिद्वान्त पर होगी जिलों की ब्राण्डिंग

वहीं सक्रिय प्रकरण दस हजार से भी कम

मेक फार वर्ल्ड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ भी आगे बढ़ना होगा उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल आयात पर निर्भरता कम करना ही नहीं है बल्कि भारत की क्षमता सुजनता और कौशल को भी मजबूत करना है स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर भारत के सामने लाखों चुनौतियां हैं तो लाखों समाधान भी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में डिजिटल इंडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है

वहीं एक लाख पंचायत अभी बाकी हैं श्री मोदी ने कहा कि एक हजार दिन में देश के हर एक गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा नर्मदा एक्सप्रेस वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में चंबल प्रोग्रेस वे के साथ नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हए श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी प्रदेश की जीवनरेखा है और इसके विकास के लिए नर्मदा एक्सप्रेस वे विकसित किया जाएगा इसके साथ औद्योगिक क्लस्टर भी बनाए जाएंगे जहां पर निवेश आएगा और इसका विकास चंबल प्रोग्रेस वे की तर्ज पर ही किया जाएगा उन्होंने कहा कि चंबल प्रोग्रेस वे प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध होगा जो मुरैना भिंड और श्योपुर जिले से होकर उत्तरप्रदेश और राजस्थान की सीमा तक बनेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत पर अब जिलों की ब्रांडिंग की जाएगी उन्होंने कहा कि आदिवासियों और गरीबों को भी साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान चलाया जाएगा

इसके लिए आवश्यक कानून लाया जाएगा सहयोग से सुरक्षा कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदेशभर में सहयोग से सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में इसकी शुरुआत की इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पहले दिन महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सी एल पासी ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना से बचाव और एहतियात के उपायों को अपनाने की शपथ दिलायी इस अभियान के तहत कोरोना संक्रमण के साथ ही जीवन जीने की आदत के संबंध में नागरिकों को जागरुक किया जायेगा उधर उमरिया में भी कल इस अभियान की शुरुआत हुई

वहीं इनमें से तैतीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं प्रदेश में अब सकिय मामलों की संख्या दस हजार से भी कम है

उधर सागर में बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज के दो डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गये

वहीं टीकमगढ़ जिले में शासन के निर्देशानुसार आज लॉकडाउन रहेगा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

किकेट भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान सहयोग और समर्थन के लिये प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया

दाहिने हाथ के मध्यमक्रम के बल्लेबाज़ और विकेट कीपर महेन्द्र सिंह धोनी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वालों में से एक हैं

एक और भारतीय किकेटर सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है